आज आईजोल में पूर्वोत्तर हथकरघा प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार पूर्वोत्तर के विकास के लिए प्रतिबद्ध है श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत मिजोरम में तेईस हजार लोगों को एल पी जी कनेक्शन दिए गए

उन्होंने कहा कि तिरप लोंगडिंग और चांगलांग में शांति सौहार्द बनाए रखने के लिए भी कई प्रयास किए गए है सब ग्रुप ने बैठक के दौरान सर्वश्रेष्ठ भारत से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की सब ग्रुप की यह बैठक राज्यपालों के होने वाले सम्मेलन को ध्यान में रखते हुए आयोजित की गई थी रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध में मारे गए सैन्यकर्मियों के परिजनों को दी जाने वाली सहायता राशि को दो लाख से बढ़ाकर आठ लाख रुपये करने का फैसले को सैद्वांतिक मंजूरी दे दी है सरकारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि यह सहायता राशि थल सेना युद्ध हताहत कल्याण कोष से दी जायेगी इस कोष की स्थापना वर्ष दो हजार सत्रह में रक्षा मंत्रालय के भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के तहत की गई थी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि सरकार अच्छे प्रशासन और सुगम जीवन यापन को प्रोत्साहित कर रही है आज नई दिल्ली में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के ईक्यावनवें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उद्यमों में कुशल और भेदभाव रहित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी सचिवों की महत्वपूर्ण भूमिका है राष्ट्रपति ने कहा कि देश में तेज गति से बदलाव आ रहा है और लोग नई ऊचाईयों को छूने के इच्छुक है उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण में कंपनी सचिवों की महत्वपूर्ण भूमिका है और इसलिए उनसे काफी उम्मीदें भी है केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि केंद्र सरकार देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए चौबीस घंटे काम कर रही है लखनऊ में आज विभिन्न बैंको द्वारा आयोजित ग्राहक सेवा मेले में भाग लेते हुए श्री जावड़ेकर ने केंद्र द्वारा प्रायोजित बहुत सी योजनाओं और आवास हेतु ग्राहकों को ऋण वितरित किए बाद में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि पिछले डेढ़ वर्षो के दौरान रेपो दर में पांच बार कमी की गई है जिससे उद्योग जगत को काफी मदद मिलेगी

रुकसिन के अतिरिक्त जिला उपायुक्त काबित आपांग ने कहा कि राज्य में किसी भी तरह का जुआ खेलने का पूरी तरह से प्रतिबंध है और इसका खेलने वालों कें खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी अभियान के दौरान कई जगहों पर पुलिस ने छापे मारे लेकिन किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका अपर सुबनसिरी जिले में हाल ही में मुख्यमंत्री रोगी कल्याण कोष के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नाचो और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सियुम में स्वास्थ्य शिविर लगाया गया जहा बड़ी संख्या में लोगों ने चिकित्सकों से परामर्श कर अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया

शिविर का लगभग पंद्रह सौ मरीजों ने लाभ उठाया आज देश के अनेक भागों में दूर्गा पूजा की महासप्तमी मनाई जा रही है पूजा आज सवेरे वैदिक मंत्रोच्चार देवी दुर्गा मंत्र शंखनाद और ढोल नगाड़ो के साथ शुरु हुई सभी पंडालों और मंदिरों को फ्रलों और अन्य कलाकृतियों से सजाया गया है लोग अपने मित्रों और परिवारों के साथ प्रजा अर्चना में भाग ले रहे है नए कपड़े और परंपरागत परिधान पहन कर लोग पूजा पंडालो में पहुंच रहे हैं राजधानी ईटानगर और नाहरलगुन में भी बड़ी संख्या में दुर्गा पूजा पंडालो में लोग परंपरागत प्रजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं